गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली चुनाव परिणाम नागरिकता संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पर जनादेश नहीं है श्री शाह ने कहा कि चुनाव प्रचार अभियानों के दौरान विवादास्पद बयानबाज़ी नहीं की जानी चाहिए थी और पार्टी ने ऐसी टिप्पणियों से अपने को दूर रखा गृहमंत्री ने कहा कि सीएए में मुसलमानों की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है उन्होंने कहा कि पिछले सत्तर वर्षो के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी की गयी जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में कई ऐतिहासिक कानून पारित किए गए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर विकास कार्यो को गति दें खूंटी जिले में कल जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक में श्री मुंडा ने कहा कि सतत विकास सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है उन्होंने कहा कि अगली बैठक में कार्य योजनाओं का रोड मैप तैयार किया जाये ताकि विभिन्न इलाकों में जो भी आवश्यक होगा उसका गैप एनालिसिस किया जा सके दिशा की बैठक में खूंटी उपायुक्त सूरज कुमार ने जिले में चल रही विकास कार्यों के प्रगति की जानकारी दी बैठक में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा कोचे मुंडा विकास सिंह मुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लम्बित आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे से जुड़ी अवमानना याचिका पर आदेश देते हुए न्यायमूर्ति एफ नरीमन की पीठ ने राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी वेबसाइट पर कारण बतायें कि ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव क्यों किया गया है जिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लम्बित हैं न्यायालय ने राजनीतिक दलों से आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे उम्मीदवार को चुनाव में उतारने का फैसला करने के बहतर घंटों के अन्दर निर्वाचन आयोग को सूचना देने के निर्देश का अनुपालन करने संबंधी रिपोर्ट भी मांगी है कोरोना वायरस के नियंत्रण और प्रबंधन के प्रयासों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह ने कल नई दिल्ली में बैठक की

चीन में कोरोना वायरस से एक हजार चार सौ सतासी और जापान तथा फिलिपिंस में एक एक लोग की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि पूरे राज्य में मुहल्ला क्लीनिक खोले जायेंगे ताकि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सके स्वास्थ्य मंत्री ने कल रांची प्रेस क्लब को एंबुलेंस सौंपने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि स्वास्थ्य सेवा को दुरूस्त करना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें समाज के जागरूक लोगों की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है उन्होंने यह भी बताया कि सरकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन करेगी इसके लिए चयनित किये गये युवाओं को प्रषिक्षण दिया जायेगा

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रसोई गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप तय की जाती हैं और वर्तमान में इसमें हुई बढोत्तरी भी इसी कारण से है पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि पिछले महीने एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी आने के कारण रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में एक सौ चौवालीस रुपये पचास पैसे की वृद्धि की गयी सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी देती है इसलिए ग्राहकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रति सिलेंडर दी जा रही एक सौ चौवन रुपये की सब्सिडी बढ़ाकर अब दो सौ इकानबे रुपये कर दी है इस कारण रसोई गैस के सब्सिडी प्राप्त उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी एक सौ पचहतर रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़कर तीन सौ बारह रुपया प्रति सिलेंडर हो गयी है रसोई गैस की बढी कीमतों को वापस लेने की विपक्षी दलों की मांग के बाद सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण आया है गढ़वा जिले में कल नियुक्ति पत्र और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर प्रशासन की ओर से चयनित छियालीस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और लाभुकों के बीच चार करोड पनचानबे लाख रुपये की परिसंपति का वितरण किया गया कार्यक्रम में पेय जल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेष ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उन्हांने कहा कि रोजगार चिकित्सा और शिक्षा सरकार की विषेष प्राथमिकता है इस मौके पर उपायुक्त हर्ष मंगला समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे राज्य के लगभग चौबीस लाख पैंतालीस हजार स्कूली विद्यार्थियों को मध्याह भोजन योजना की राषि उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जायेगी मध्याह भोजन प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि सुखाड़ प्रभावित जिलों के बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है इन बच्चों को पच्चीस दिन का मध्याह भोजन का अनाज और राषि देने का निर्णय लिया गया है उधर प्राधिकरण ने राज्य के लगभग अस्सी हजार रसोइयों के चार महीने का बकाया मानदेय भी जारी कर दिया है

कुमार सूरज बियालीस और उत्कर्ष सिंह दस रन बनाकर मैदान पर मौजूद हैं इससे पहले ओड़िषा की पूरी टीम चार सौ छत्तीस रनों पर सिमट गयी झारखंड के लिए तेज गेंदबाज आषीष कुमार ने छह और अजय यादव राहुल शुक्ला शाहिल राज और उत्कर्ष सिंह ने एक एक विकेट लिये अभी भी पहली पारी में झारखंड ओड़िषा से तीन सौ पैंसठ रन पीछे है

इस महोत्सव में पैंतालीस प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं

इन अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद किये गये हैं

इन सभी को आज जमीन से संबंधित कागज पेष करने को कहा गया है राज्य के सभी जिलों के एक एक कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई षुरू की जायेगी स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा स्कूलों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है